मुख्यमंत्री ने कहा कि सागर में नया विश्वविद्यालय खोले जाने पर सरकार विचार करेगी इसके अलावा सदन में सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविन्द सिंह और उच्चशिक्षा मंत्री जीतू पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों को पटल पर रखा गया सीहोर जिले के इछावर से विधायक करण सिंह वर्मा विधायक संजय यादव मोहन यादव विधायक रामबाई ने ध्यानाकर्षण के जरिये अपने सवाल उठाये

इसके तहत हर जिले में कलेक्टर और सभी विभागों के अफसर उन गांव में पहुंचेंगे जहां हाट बाजार लगता है इस दौरान ग्राम स्तर पर लोगों की समस्याओं को सुनने के साथ ही योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिये शिविरों का आयोजन किया जायेगा शिवपूरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई है इस संबंध में कल कलेक्टर अनुग्रहा पी ने अधिकारियों की बैठक ली बैठक में बताया गया कि खनियांधाना जनपद पंचायत के गताझलकुई गांव से कार्यक्रम की शुरूआत होगी आगरमालवा जिले में भी एक अगस्त से शिविरों का आयोजन किया जायेगा खंडवा झाबूआ नरसिंहपूर छतरपूर नीमच सहित विभिन्न जिलों से आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की तैयारियों के समाचार मिलें है

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनता से हर महीने संवाद के लिए रेडियो को चुना है क्योंकि उन्हें विश्वास है कि रेडियो ही एक ऐसा जरिया है जो देश में समाचारों के साथ मनोरंजन का भी माध्यम है एक ट्वीट संदेश में प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार एक नई शुरूआत करने जा रही है उन्होंने बताया कि एक ही स्टेशन चार नये स्टेशनों की जगह ले सकेगा जिससे नई तकनीक से आकाशवाणी सेवा मीडियम वेव और एफएम के जरिए और अधिक लोगों तक पहुंच सकेगी नकली दुघ भिंड में सिंथेटिक दूध बनाये जाने का खुलासा होने के बाद इंदौर जिले में स्वास्थ्य और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने आज से एक जांच अभियान शुरू कर दूध विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों से खाद्य पेय पदार्थो के नमूने एकत्र किये है आधिकारिक जानकारी के अनुसार आज एक दर्जन से अधिक दूध विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर जांच दल पंहुचा है जांच दल ने इस दौरान एक ही निजी प्रतिष्ठान से पांच क्विंवटल से ज्यादा पनीर जब्त किया है जांच दल ने इस दौरान विक्रेताओं को अनियमितता के चलते नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है

आधिकारिक जानकारी के अनुसार कलेक्टर छोटे सिंह ने महिला एवं बाल विकास विभाग की विभागीय योजनाओं का लक्ष्य पूर्ति न करने और कम ग्रेडिंग को लेकर कल नाराजगी जाहिर की

जिसे लोग अब चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम से जानते हैं इस अवसर पर आज यहां कई कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि अर्पित की है श्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के एक संस्करण का स्मरण किया जिसमें उन्होंने चन्द्रशेखर आजाद को निडर और दृढ संकल्प वाला स्वतंत्रता सेनानी बताया था प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका बलिदान हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है

पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी